सहारनपुर और कुशीनगर जिलों में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा पैंतालीस पहुंचा प्रदेश भर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान शुरू प्रदेश भर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कल हजारों जोड़ों ने बसाया घर प्रयागराज में कृम्म में वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और अंतिम शाही स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्वाल संगम में लगा रहे हैं ड्बकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्तमान और पूर्व छात्रों से गोवंश के मूत्र एवं गोवर के बेहतर इस्तेमाल के लिये सस्ती तकनीक खोजने की अपील की बीएचयू की आईआईटी स्थापना के शताब्दी समारोह और वैश्विक प्रातन छात्र समागम का कल उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों से सहयोग की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही झांसी भोजला मंडी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन से पहले की जा रही तैयारियों का जायजा लिया इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चित्रकूट और झांसी मंडल के विकास कार्यो और कानून व्यवस्था की समीक्षा की प्रबानमंत्री आगामी पन्द्रह फरवरी को बुन्देलखंड के दौरे पर रहेंगे इस मौके पर झांसी में श्री मोदी डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे अन्य योजनाओं के शुभारम्भ के साथ प्रधानमंत्री पाइप पेयजल योजना की भी आधारशिला रखेंगे इसके पहले प्रधानमंत्री आगामी ग्यारह फरवरी को वृंदावन में अक्षयपात्र संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ भोजन करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे यह जानकारी अक्षयपात्र संस्था के स्वामी अनन्तदास ने दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम और पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वासन दिया है कि नागरिकता संशोधन विघेयक उनके हितों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा कल असम के चांगसारी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता केवल राज्य सरकारों की उचित जांच और सिफारिश के बाद ही दी जाएगी एन आर सी के साथ साथ नागरिकता से जुड़े कानून को लेकर असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भाषा संस्कृति और संसाधनों पर आप के हक की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार प्ररी तरह से प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार उन लोगों को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्व है जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हैं और अत्याचार के कारण उन्हें मजबूरन भारत पलायन करना पड़ा श्री मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार छत्तीस साल के असम समझौते को निर्धारित समय के भीतर लागू करने के लिए वचनबद्व है इससे पहले प्रधानमंत्री ने अरूणाचल प्रदेश के ईटानगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरूआत और उद्घाटन किया इन परियोजनाओं में होलोंगी में नये हवाई अड्डे का निर्माण भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्थायी परिसर की स्थापना तथा डीडी अरुणप्रभा चैनल का शुभारंभ शामिल है प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत तभी संभव है जब देश के पूर्वोत्तर का हर क्षेत्र तेजी से विकास करे मैं बार बार कहता आया हूं कि न्यू इंडिया तभी अपनी पूरी शाकि से विकसित हो पाएगा जब पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से विकास होगा ये विकास संसाधनों का भी है और संस्कृति के गौरव का भी है ये विकास अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने का भी है और जन जन को भी जोड़ने का है अपनी यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी ने त्रिपूरा के अगरतला में स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में गारजी बेलोनिया रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित की

सहारनपुर जिले में अब तक छत्तीस लोगों की मृत्यु हुई है जबकि कुशीनगर में नौ लोग जहरीली शराब पीने से मारे गए हैं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि दो दर्जन से अधिक लोग जहरीली शराब पीने के बाद अस्पतालों में मौत से जूझ रहे हैं प्रदेश सरकार ने सहारनपुर और क्शीनगर जिलों के आबकारी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर राज्य भर में अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया हैं

उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

क्शीनगर में मंडलायक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने नकली शराब से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की प्रदेश भर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कल हजारों लोगों ने अपना घर बसाया लखीमपुर में छह सौ सतहत्तर जोड़ों का पारम्परिक विधि से विवाह सम्पन्न कराया गया कौशाम्बी जिले में पांच सौ एक जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील में दो सौ इक्यावन जोड़े परिणय सूत्र में बंधे इनमें से सत्ताईस मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे बलरामपुर में दो सौ जोड़ों का विवाह रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ पीलीभीत में आयोजित समारोह में एक सौ इक्यावन जोड़े विवाह बंधन में बंघे इसी तरह हरदोई में एक सौ अस्सी जोड़े विवाह सूत्र में बंधे जिनमें बीस जोड़े अल्पसंख्यक समुदाय के थे वहीं हमीरपुर में एक सौ पचास जोड़े एक दूजे के हुए तो महोबा में कूल बान्नवे विवाह सम्पन्न हुए संभल में एक सौ अठहत्तर जोड़े हिन्दू धर्म से और तेरह जोड़े मुस्लिम धर्म से तथा चार जोड़े बौद्ध धर्म से विवाह सूत्र में बंघे गोरखपुर कुशीनगर आजमगढ़ बलिया बहराइच मऊ सहित कई जनपदों से सामूहिक विवाह आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं इस योजना में कन्या पक्ष को एक मुस्त पैंतीस हजार रूपये और दस हजार रूपये के आमूषण कन्या को दिये जाते हैं इसके अलावा छह हजार रूपये अन्य मदों में व्यय किये जाते हैं इस मौके पर आयोजित समारोहों में विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के लोगों ने स्वेच्छा से योगदान किया प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्थानीय निकाय और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शिरकत की आज वसंत पंचमी है प्रदेश भर में आज वसंत पंचमी का पर्व श्रद्वा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में ध्रमधाम से मनाया जा रहा है माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं और मॉ सरस्वती का पीले और सफेद रंग के फूलों से पूजा करते हैं प्रयागराज में कुम्म मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरा और अंतिम शाही स्नान चल रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला प्रशासन ने सुचारू आवागमन के लिए प्रबंध किए हैं और कुम्भ क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं है प्रदेश भर में श्रद्वालु विभिन्न नदियों एवं सरोवरो में स्नान कर रहे हैं वसंत पंचमी के अक्सर पर आज दो करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं के पवित्र स्नान करने की उम्मीद है क्योंकि यह मेले का अंतिम शाही स्नान है मेला प्रशासन के मुताबिक कल तक साठ लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे

इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को निर्देश दिया कि कुम्म मेले में नदी स्नान करने वाली महिलाओं की कोई भी तस्वीर किसी भी प्रिंट या दृश्य मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रसारित नहीं जानी चाहिए प्रयागराज में मेला क्षेत्र वत्तीस सौ हेक्टेयर से ज्यादा में फैला है पन्दह जनवरी से शुरू हुआ कुम्म मेला चार मार्च को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि यसंत ऋतु के आगमन और ज्ञान की पूजा से जुड़ा यह त्योहार परिवार समाज और देश में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करेगा प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को वसंत पंचमी की बधाई दी है उधर वसंत पंचमी के दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी की परम्परा है देर शाम तक प्रा आकाश पतंगों से सुसज्जित हो जाता है पंतगबाजी की तैयारियां जोरो पर है ब्रज क्षेत्र में वसंत पंचमी पर्व से ही होती शुरू हो जाती है ब्रजमण्डल के अधिसंख्य मंदिरों में आज से होली शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं आज ही महाप्राण पण्डित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती भी मनायी जा रही है प्रयागराज के दारागंज में लोगों द्वारा निराला जी की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर के उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित की जा रही है